शुक्रवार को चांगलांग जिले के इन्नाओ स्थित पाथोर गाव के पचास वर्षीय ब्र्ज़ग के कोविड से मृत्य के साथ इस वायरस से मरने वालों की संख्या अब इक्यावन हो गए है नए मामलों में राजधानी ईटानगर क्षेत्र से सात मामले वेस्ट कामेंग से चार चांगलांग लेपारादा और ईस्ट सियांग से तीन तीन इसके अलावा लोअर दिबांग वैली तिराप और लोअर सियांग से दो दो और क्रा दादी तवांग नामसाई लोअर स्बनसिरी और अपर सियांग जिले से एक एक नए मामलों में पांच मरीजों को छोड़कर बाकी सब एसिम्टिमेटिक है कल राज्यभर से तिरानवे मरीज स्वस्थ हो गए है इसके साथ ही स्वस्थ होने वालो की कूल संख्या पंद्रह हजार तीन सौ तेईस हो गए है

संस्थान के म्ख्य कार्यकारी अधिकारी अडर प्नावाला ने कल प्णे में इसकी घोषणा की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टीकों की संख्या की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनी है प्णे की इस दवा कंपनी ने निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए ऑकसफर्ड विशवविदयालय दवारा विकसित एसट्राजेन टीके के उत्पादन के लिए औषधि कंपनी एसट्राजेनेका के साथ साझेदारी की है कोविशील्ड नाम का यह टीका भारत में फिलहाल नैदानिक परीक्षण के तीसरे चरण में है श्री प्नावाला ने कहा है कि कोविशीलड नोवेल कोरोना वायरस के इलाज के लिए बड़ा कारगर टीका है एसट्राजेनेका और ऑक्सफॉर्ड विश्वविदयालय ने इससे पहले तेईस हजार लोगों पर दवा का परीक्षण करने के बाद कहा था कि उनका टीका महामारी के इलाज में औसतन सत्तर प्रतिशत कारगर है उन्होंने कहा कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफॉर्ड टीके के वितरण में भारत को प्राथमिकता दी जाएगी

कार्यक्रम में प्रदेश महिला कल्याण सोसायटी अध्यक्ष ग्रमरी रिंग् ने राज्य में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ रहे अपराध पर चिंता जताई उन्होंने प्रतिभागियों से रिसोर्स पार्सन का महिलाओं से जूड़े ज्ञान का लाभ उठाने को कहा

इसके मद्देनजर ईस्ट सियांग जिला उपाय्क्त डॉ किन्नी सिंह की अध्यक्षता में श्क्रवार को एक समन्वय बैठक ब्लाई इस कोशिश की सराहना करते हए जिला उपाय्क्त ने कहा कि ईस्ट सियांग जिले के लिए यह स्नहरा मौका होगा उन्होंने बताया कि इस ईवंट में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय य्वा मामला मंत्री किरेन रिजिज् भी शामिल होंगे उन्होंने जिले के सभी सरकारी अधिकारियों से इस अभियान को सफल बनाने के लिए हर संभव सहायता करने की अपील की

आज आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान इनकी मांग कर रहे थे किसान लंबे समय से इन स्धारों की मांग कर रहे थे और उनकी सरकार ने इसे पूरा किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने बह्त विचार विमर्श के बाद कृषि स्धारों को कानूनी रूप दिया है उन्होंने कहा कि इन स्धारों ने न केवल किसानों के बंधनों को समाप्त किया है बल्कि उन्हें नए अधिकार और अवसर भी दिए हैं